प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत कोविड वैक्सीन के विकास में सबसे अग्रिम पंक्ति में है उन्होने कहा कि देश में तीस से अधिक वैक्सीन विकसित की जा रही है और इनमें से तीन अग्निम चरण में है उन्होंने कहा कि वैक्सीन आपूर्ति की समुचित व्यवस्था के लिए भी काम किया जा रहा है प्रधानमंत्री कल शाम ग्रैंड चैलेन्जेस वार्षिक बैठक के उद्घाटन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से सम्बोधित कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि रोग प्रतिरक्षण सुनिश्चित करने में डिजिटल स्वास्थ्य आईडी के साथ इस डिजिटल नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा उन्होने कहा कि भारत जनसहयोग से कोविड मृत्यु दर काफी नीचे रखने में सफल रहा है देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर अट्ठासी प्रतिशत है जो सर्वोच्च दरों में है ऐसा आरम्भ में ही लॉकडाउन लागू करने से सम्मव हो सका है उन्होने कहा कि भारत मास्क के उपयोग को बढ़ावा देने वाले पहले देशों में है और समय से संक्रमण के स्रोत का पता लगाने का भी प्रभावी प्रयास किया गया है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि कम लागत पर ग्णवत्तापूर्ण औषधीय और वैक्सीन निर्माण क्षमता के लिए जाना जाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार के द्वारा पिछले छह साल में किये गए बुनियादी ढांचे में वृद्वि और संगठनात्मक सुधारों से देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में पारदर्शिता और स्वायत्ता आई है प्रधानमंत्री ने मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर किये गए गुणात्मक सुधारों से भारत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक केन्द्र बनेगा

विशेष तौर पर हायर एज्यूकर्रान में इनफ्रास्ट्रक्वर के निर्माण से लेकर स्ट्रक्वर रिफॉर्म पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है भारत को हायर एज्युकेशन का ग्लोबल हब बनाने के लिए हमारे युवाओं को कॉम्पटिटिव बनाने के लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव हर स्तर पर कोशिश की जा रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधारों से शिक्षा संस्थानों को अपनी जरूरतों के अनुसार निर्णय लेने में अधिक स्वायत्ता दी गई है इससे मेडिकल शिक्षा में अधिक पारदर्शिता आई है और इसी सिलसिले में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया है उन्होंने कहा कि भारतीय चिकित्सीय शिक्षा के लिए दो नये कानून लाए जा रहे हैं सुधारों के कारण मेडिकल शिक्षा में अब अधिक सीटें उपलब्ध हो पा रही हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसी शिक्षा पर ध्यान दे रही है जो जीवन कौशल के लिए उपयोगी हो हाल ही में पेश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रतिभाशाली युवाओं को वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी जिससे वह अपेक्षित कौशल के अनुरूप रोजगार हासिल करने में समर्थ होंगे प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में लड़कियों का पंजीकरण चार साल पहले आठ प्रतिशत था जो बढ़कर आज बीस प्रतिशत तक हो गया है उन्होंने युवाओं से अपनी रूचि वाले क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने का आग्रह किया

श्रीमती सीतारामन ने इस दौरान वर्तमान वित्त वर्ष में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पूंजीगत व्यय की समीक्षा की

देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में सार्वजनिक उपक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने उपक्रमों को अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए बेहतर कार्य निष्पादन के लिए प्रोत्साहित किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों में निर्मित किये गये पंचायत भवनों और सामुदायिक शौचालयों का कल वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास किया मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्मित किये गये सामुदायिक शौचालयों की साफ सफाई की जिम्मेदारी महिला स्वयं सेवी समूह में से किसी एक महिला का चयन कर उन्हें दी जायेगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सामुदायिक शौचालयों के निर्माण से तमाम बीमारियों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी ग्राम पंचायतों को आप्टिकल फाइबर से जोड़ने की भी घोषणा की उन्होंने कहा कि समी पंचायत भवन अब ग्राम सचिवालय के रूप में काम करेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर ऑगनबाड़ी केन्द्र और स्कूल में सौ दिन के अन्दर शुद्व पेयजल की उपलब्यता सुनिश्चित कराने के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाई गई है

मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को वेबकास्ट के माध्यम से समस्त ग्राम पंचायतों में प्रसारित किया गया

वहीं पीलीभीत और महोबा सहित अन्य जनपदों में सभी ग्राम प्रधानों पंचायत अधिकारियों और सफाई कर्मियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया

इस कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल और जिलाधिकारी दीपक मीणा सहित पंचायती राज विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे कोरोना वायरस महामारी के कारण मार्च में लगे लॉकडाउन के बाद प्रदेश के कक्षा नौ से बारहवीं तक के सभी विद्यालय कल से खुल गये सात महीने के बाद खुले स्कूलों में विद्यार्थी मॉस्क और सेनिटाइजर के साथ विद्यालय पहुंचे हालांकि कल विद्यालयों में विद्यार्थियों की सख्या काफी कम रही स्कूल प्रशासन ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश दिया थर्मल स्कैनिंग के बाद सभी विद्यार्थियों को कक्षाओं में दूर दूर बैठाया गया जिन विद्यार्थियों के पास मॉस्क नहीं थे उन्हें स्कूल की तरफ से मॉस्क उपलब्ध कराये गये कुछ विद्यालयों में अभिभावकों की तरफ से सहमति पत्र न लाने पर विद्यार्थियों को वापस कर दिया गया

छात्रों के स्कूल आने के लिए अपने माता पिता या अभिभावक की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी

मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे